इस अवसर पर प्राणों की आहति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्वाजंलि दी जा ही है रक्षा मंत्री निर्माला सीतारमण ने तीनों सेनाओं के प्रम्खों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्वास्मन अर्पित किए

इस य्दव का परिणाम ये रहा था कि पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को अलग कर बांगलादेश बनाया गया था इस असवर की स्मृति में आज कोलकता में फोर्ट विलियम में पूवी कमान म्ख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विजय दिवस पर कहा है कि राष्ट्र अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञ है

गृह मंत्री राजनाथ ने कहा है कि पूरे देश मे विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी स्धार हुआ है

उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी दी क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिकों का अधिकार था विजय दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भारत के सशस्त्र बलों को सलामी दी हरियाणा के पांच जिलों हिसार रोहतक यम्नानगर पानीपत व करनाल के नगर निगम एवं नगर पालिका जाखिल मंडी फतेहाबाद व प्ण्डरी कैथल के च्नाव आज शांतिपूर्वक ांग से सम्पन्न हए

उन्होंने बताया कि मतदान शांति पूर्वक प्रंग से सम्पन्न हए सभी जिलों के उपाय्क्तों प्लिस प्रशासन व अन्य विभाग के सहयोग से बेहतर तरीके से सम्पन्न हए

उन्होंने बताया कि हिसार रोहतक यम्नानगर की सीटें अनारक्षित हैं वहीं नगर निगम करनाल की सीट महिला पानीपत की बीसी महिला नगर पालिका पृण्डरीकैथल के प्रधान पद की महिला के लिये आरक्षित है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रजवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के कुरूक्षेत्रदध में श्रीमद भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण दवारा अर्ज्न को दिया गया

फतेहाबाद के पंचायत भवन में आज गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दवारा इन प्रदर्शनीयों का अवलोकन किया गया कार्यक्रम में पहंचे लोगों को संबोधित करते हए सुभाष बराला ने कहा कि पंचायत भवन में गीता जयंती के अवसर पर तीन दिवसीय जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से करवाया जा रहा है उसके लिए वह सरकार के आभारी है सोनीपत में हिन्दू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सांसद रामेश कौशिक म्ख्य अतिथि थे उन्होंने इस अवसर पर कहा कि श्रीमद भगवत गीता का भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शन पर गहरा प्रभाव रहा है प्रत्येक व्यक्ति को गीता के संदेशों को अपने जीवन मे अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा नारनौल में गीता जयंती समारोह में बोलते हए हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोश यादव ने कहा कि भगवत गीता मानवता के लिए एक इल्मी तोहफा है ये ऐसा अघ्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें सारे धर्म ग्रंथ का सार है रेवाड़ी में बाल भवन मे गीता जयंती महोत्सव का आगाज़ शंखनाद व मंत्रों उच्चारण के साथ हआ म्ख्य अतिथि कोसली क विधायक विक्रत सिंह यादव ने कहा कि भगवदगीता विश्व शांति सदभाव और विश्व बंध्त्व की प्ररेणा का अदभूत ग्रंथ है पंचक्ला में गीता जयंती समारोह मे प्रथम दिन नगर कीर्तन व शोभायात्रा का आयोजन किया पंचकुला के विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता ने नगर कीर्तन का श्भारंभ किया उनक साथ उपायुक्त मुकूल कुमार एस डी एम एस डी एम कालका और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शोभा यात्रा में शामिल हुए इसी प्रकार अम्बाला में गीता जयंती समारोह का उदघाटन करते हूए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारत की विश्व में पहचान गीता ग्रंथ के ज्ञान एवं भारतीय संस्कृति से है

हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में शीत लहर जारी है

मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा पंजाब में अगले क्छ दिनों तक मौसम ठंडा रहने उम्मीद है

उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हए

इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने जवानों और उनके परिवारों को बधाई देते हए कहा कि सीआरपीएफ न केवल देश के आंतरिक मामलों को निपटाने में सक्षम है बल्कि नक्सलबाद क्षेत्र में भी सीआरपीएफ का अहम योगदान है